इसमें से सात हजार सात सौ चौहतर करोड़ रुपये महामारी से उत्पन्न आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटने के लिए उपयोग किये जायेंगे शेष राशि मिशन मोड के तहत एक से चार वर्ष के लिए उपयोग की जायेगी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चौबीस मार्च को राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहा था कि केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस रोगियों के उपचार और देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजूबत करने के लिए पंद्रह हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है स्वास्थ्य मंत्रालय महामारी को फैलने से रोकने और उस पर नियंत्रण के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है

इनमें से एक सौ संतावन सरकारी और छियासठ निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं

इनमें से चार सौ सतहतर लोगों को उपचार के बाद छट्टी दे दी गई जबकि एक सौ उनहतर रोगियों की मृत्यु हो गई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर प्रबंधन रोग नियंत्रण योजना और अस्पताल की तैयारी में राज्यों की मदद के लिये उच्चस्तरीय दल बनाए हैं राज्य में अब तक चौदह लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है इनमें से बोकारो जिले गोमिया के रहने वाले एक बुजुर्ग की कल मौत हो गई यह कोरोना वजह से मौत का राज्य में पहला मामला है इधर रांची में मिले पांच नए मामले हिंदपीढ़ी क्षेत्र के हैं ये सभी इस इलाके से मिली दूसरी पॉजिटिव महिला के परिवार के हैं एहतियात के तौर पर हिंदपीढ़ी को बहतर घंटे के लिए सील कर दिया गया है

इन लोगों पर वीजा नियमों का उल्लंघन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महामारी नियमों का उल्लंघन तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है इनमें से अधिकतर धाराएं गैर जमानती हैं ऐसे में विदेषी नागरिक क्वारेंटाइन से बाहर आने के बाद विदेष नहीं लौट पाएंगे रांची के हिंदपीढ़ी थाने में सत्रह विदेषी तथा एक भारतीय पर प्राथमिकी दर्ज की गई है वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में ग्यारह विदेषी नागरिकों पर प्राथमिकी दर्ज हई है इसके साथ ही धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना में दस विदेषी सहित चौदह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है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

एक ट्वीट में श्री गौडा ने कहा कि अब तक उर्वरको की उपलब्यता की स्थिति संतोषजनक है उन्होंने कहा कि उर्वरक विभाग उत्पादन और इनका आवागमन परिवहन तथा उर्वरकों की उपलब्धता पर कड़ी निगरानी कर रहा है और वह राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन में तीस प्रतिशत की कटौती करने की खबरों और अफवाहों का खंडन किया है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और यह समय सतर्क रहकर सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का है आप सभी घर पर रहें सुरक्षित रहें उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें राज्य सरकार संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार परस्पर संपर्क में है इधर मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद तमिलनाड सरकार ने गढवा के पच्चीस मजदूरो को मदद पहंचाई गयी है वहां फसे मजदूरों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कर खाद्यान्न व जरूरी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है मुख्यमंत्री कल राज्य के विधायकों और सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बताचीत करेंगे वहीं राज्य मंत्रिमंडल की बैठक रविवार बारह अप्रैल को झारखंड मंत्रालय में आयोजित की गई है

सरकार इससे निपटने के लिए कई कदम उठा रही है श्री भोक्ता कल चतरा जिले के इटखोरी चौक स्थित मुख्यमंत्री दाल भात कें द्र का निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें बाहर न निकलें यदि बहत जरूरी हो तो मास्क व गलप्स लगाकर सोषल डिस्टेंस का पालन करते हुए काम करें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में बंद दो पूर्व मंत्रियों योगेंद्र साव और एनोस एक्का के बीच कल जेल में भिड़त हो गई इस मामले में दोनों ने जेल प्रषासन के माध्यम से खेलगांव थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया इसके बाद दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है पुलिस मामले की जांच कर रही है ज्वाइंट इंद्रे स एग्जामिनेषन जेईई मेन्स की तैयारी में जुटे परीक्षार्थी अब चौदह अप्रैल तक अपने परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकते हैं इसके साथ ही वे आवेदन से जुड़ी गलतियों में भी सुधार कर सकेंगे नेषनल टेस्टिंग एजेंसी ने समय सीमा बढ़ाने का फैसला परीक्षार्थियों की मांग पर किया है इससे पहले एटीए ने जेईई मेन्स की अप्रैल में होने वाली परीक्षा स्थगित कर मई के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दी थी अब नई तिथि की घोषणा चौदह अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा

राज्य भर में ईसाई धर्मावलंबी प्रभु यीषु के बलिदान को याद करते हुए लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं गुड फ्राइडे दूसरे को क्षमा करने का संदेष देता है क्षमा वहीं व्यक्ति कर सकता है जिसका इदय बड़ा होता है इस मौके पर कई चर्च में ऑनलाइन प्रार्थना की व्यवस्था की गई है

उपायुक्त वरूण रंजन ने विशेष कोरोनो सेंटर की प्रगति तथा तैयारियों के बारे में बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मेडिकल सुविधा को और अधिक चुस्त की जा रही है

कार्य बहिष्कार स्वास्थ कर्मियों को अब तक कोरोना किट नहीं मिलने के कारण किया गया

सूचना मिलने पर आदित्यपुर थाना में पुलिस बैरियर को खोल रास्ता खुलवाया